सभी जिला प्रशासनों ने अपने अपने स्तर पर एहतियाती उपाय किए हैं शिमला ज़िला प्रशासन ने ज़िले में सभी आधार केंद्रों और कोचिंग सेंटरों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं नगर निगम शिमला के कर्मचारियों ने आज रिज मैदान पर साफ सफाई की और कीटाणु रोधी दवाई का छिड़काव किया उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों को सैनिटाईज किया जा रहा है और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर शिमला के बाजारों में तालाबंदी की खबरें निराधार हैं और लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उधर सोलन जिला प्रशासन ने सोलन के पुराने बस अड्डे मालरोड और अन्य क्षेत्रों में लगने वाले संडे बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है

उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि कोरोना वायरस की आशंका के चलते ज़िले में होटलों और होमस्टे में अगले आदेश तक कोई बुकिंग नहीं होगी

इस दौरान वे कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में देशवासियों से विचार सांझा करेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन के सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं राजभवन में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस वायरस का सर्वोत्तम समाधान है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस अवसर पर आईजीएमसी शिमला के चिकित्सक डॉक्टर विमल भारती ने कोरोना वायरस से बचने के एहतियाती उपायों की जानकारी दी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पुलिस विभाग की आंगतुक सर्वेक्षण और ई रात्रि बीट चैकिंग प्रणाली का शुभारम्भ किया इसके माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और पुलिस थानों चौकियों और अन्य इकाईयों में आंगतुकों की निगरानी हो सकेगी ई रात्रि बीट चैकिंग प्रणाली के माध्यम से पुलिस को रात के समय चलने वाले संदिग्ध वाहनों व अपराधियों पर नज़र रखने में मद्द मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से तैयार किया जाने वाला डाटाबेस पुलिस को आपराधिक मामलों की जांच और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ पुष्टि करने में भी सहायता करेगा मास्क बिक्री राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र आज से जनता के लिए मास्क की बिक्री शुरू कर दी है ये मास्क राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हैं और राज्य सचिवालय शिमला में आजीविका मिशन की दुकान में ये मास्क उपलब्ध हैं

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कुम्हारहट्टी में फोरलेन व फलाई ओवर का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं कुम्हारहट्टी में आज सोलन के उपायुक्त और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि फोरलेन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत भी साथ साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए सैजल ने कहा कि फोरलेन से स्थानीय लोगों को आ रही समस्याओं को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाएगा भेंट पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर उन्हें हिमाचल के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षण सुविधाओं से अवगत करवाया कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय कई विषयों में शिक्षण व अनुसंधान कर रहा है और हिमाचल के विद्यार्थियों उद्यमियों व उद्योगों को लाभ प्रदान करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है राज्यपाल ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा इस बीच सिरमौर ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील कुमार ने भी राज्यपाल से भेंट की और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया